न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर पैनल द्वारा इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं निकाला जाता तो पचीस जुलाई से इसकी नियमित सुनवाई की जायेगी

न्यायालय ने यह आदेश मूल याचिकाकतओं में से एक गोपाल सिंह विषारद की याचिका पर दिया है अपनी याचिका में विषारद ने आरोप लगाया है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मृद्दे के समाधान के लिए मध्यस्थता का जो आदेश दिया था उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है समाचार कक्ष से आरती राना अयोध्या में करीब पौने तीन एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बांटने के दो हजार दस के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चौदह याचिकाएं दाखिल की गई हैं प्रसार भारती और आई आई टी कानपुर ने आज नई दिल्ली में नई उभरती टैक्नोलोजी और प्रसारण से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान संबंधी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं इस कदम से प्रसारण के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की संभावना है इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी और आई आई टी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर उपस्थित थे अनुसंधान में सहयोग के जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें मोबाइल फोन के जरिये सीधा प्रसारण फाइव जी का कन्वर्जेन्स और आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस विकास केन्द्र बनाना भी शामिल हैं इस अवसर पर शशि शेखर वेम्पटी ने कहा कि अनुसंधान और विकास तथा नवाचार के क्षेत्र में आई आई टी कानप्र के साथ प्रसार भारती का सहयोग बहत महत्वपूर्ण है समझौता ज्ञापन आज से प्रभावी हो जायेगा और इसकी अवधि पांच वर्ष के लिए होगी प्रसार भारती और आई आई टी कानपुर आपसी सहमति से सहयोग की शर्तों का विस्तार कर सकते हैं नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने भारत से आयातित फलों और सब्जियों में स्वीकृत स्तर से अधिक कीटनाशकों की जांच करने के नेपाल सरकार के पहले के फैसले से पीछे हटने पर रोक लगा दी है नेपाल सरकार ने समुचित सुविधाएं न होने की वजह से पिछले हफ्ते भारत से आयातित फल और सब्जियों की सीमा पर जांच रोक दी थी दो वकीलों ने सरकार द्वारा अपने पहले के निर्णय से पीछे हटने को खिलाफ मंगलवार को सर्वोच्च अदालत मे एक जनहित याचिका दायर की

इसके बाद सीमा पर सैकडों ट्रक फंस गए थे नेपाल भारत से आयातित फल और सब्जियों पर काफी अधिक निर्भर है

आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है उन्नीस सौ नवासी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन संचालन समिति ने आज ही के दिन जनसंख्या दिवस की घोषणा की थी इस अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यषाला को सम्बोधित करते हये केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए लोगों को उच्च स्तरीय सुचनाएं और जानकारियां उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है और इस पर रोक लगाना बहत बड़ा और जरूरी कार्य है बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिये लोगों को जागरूक करने से बेहतर कोई और विकल्प नही है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए जनता के साथ अच्छा संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है प्रदेश के अधिकांश भागों में मध्यम से लेकर भारी वर्श हो रही है इससे जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है वहीं कृशि कार्यों में भी तेजी आ गयी है तराई और पूर्वांचल के जिलों में भारी बारिष हयी है गोरखपुर सिद्वार्थनगर मऊ अयोध्या देवरिया कुषीनगर बस्ती संतकबीरनगर आजमगढ़ सहित सभी पूर्वी जिलों में कल षाम से ही रूक रूक कर वर्शा का क्रम जारी है उधर मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान प्रदेष भर में मध्यम से भारी वर्शा की चेतावनी जारी की है बुलंदषहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र में मेरठ बदायूं राजमार्ग पर चिट्टा मुकीमपुर गांव के पास आज रोडवेज की दो बसों की आमने सामने की टक्कर में एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गयी

घायलों को इजाज के लिये अस्पताल मे भर्ती कराया गया है